स्वदेश रवाना होने से पहले श्री कोविंद संसद के निचले सदन के चेयरमैन श्क्रजोन जुहरोफ से भी मिले और उनसे विभिन्न विषयों पर विचार विनिमय किया इससे पहले ताजिकिस्तान विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को उग्रवाद का मुकाबला आधनिक समाज की चुनौतियां विषय पर सम्बोधित करते हुए श्री कोविंद ने कहा था कि युवाओं को उग्रवाद की ओर जाने से रोकने में परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण है केन्द्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग व जहाजरानी मंत्री नितिन गड़करी ने कहा है कि पिछले चार वर्षो में जितनी सड़कें इस देश में बनायी गयी हैं उतनी सड़कें सत्तर वर्षो में भी नही बनी थीं उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में तीन हजार तीन सौ छप्पन किलोमीटर सड़क को राजमार्ग बनाया गया है श्री गड़करी आज बस्ती जिले के किसान शिवहर्ष महाविद्यालय के प्रांगण में सात सौ पन्द्रह करोड़ रूपये की लागत से बनने वाला रिंगरोड रामजानकी मार्ग और जलमार्ग का उद्घाटन करने के बाद एक समारोह को सम्बोधित कर रहे थे केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि प्रदेश की सड़कों पर दो लाख करोड़ रूपये खर्च किया जाएगा और लखनऊ से कानपुर को भी एक्सप्रेस वे से जोड़ा जाएगा उन्होंने कहा कि वाराणसी से हल्दिया तक जलमार्ग पर पांच सौ करोड़ रूपये खर्च किया जा रहा है समारोह को सम्बोधित करते हुये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में एक लाख बीस हजार किलोमीटर सड़कों को गड्ढामुक्त किया गया है और समी ब्लॉक और तहसील मुख्यालयों को डबल लेन सड़कों से जोड़ा गया है

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में गन्ना किसानों का सैंतिस हजार करोड़ रूपये का भृगतान किया गया है तीस नवम्बर तक सम्पूर्ण गन्ना मूल्य के भुगतान का निर्देश जारी कर दिया गया है बस्ती के सांसद हरीश ट्विवेदी ने कहा कि बस्ती में रिंगरोड एवं जलमार्ग बनना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार ने देश की सुरक्षा के लिए सुरक्षा तंत्र को आधुनिक बनाया है विमानन सुरक्षा पर एक सेमिनार में श्री सिंह ने कहा कि चुनौतियों से निपटने के लिए विमानन क्षेत्र को सुरक्षित बनाना समय की मांग है उन्होंने कहा कि सरकार सुरक्षा तंत्र को आध्निक बना रही है और इसके लिये समुचित रणनीति बनाने का कार्य कर रही है गृहमंत्री ने भविष्य के लिए योजनाए बनाने का आह्वान किया श्री सिंह ने हवाई अड्डों पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सी आई एस एफ के कामकाज की सराहना की सीआईएसएफ के महानिदेशक राजेश रंजन ने कहा कि संगठन देश के तीन सौ चौवालिस महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा में अहम भूमिका निभा रहा है विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने महात्मा गांधी के डेढ़ सौवी जयन्ती समारोहों के सिलसिले में मानवता के लिए भारत पहल का आज नई दिल्ली में शुनारम्म किया मानवता की सेवा की महात्मा गांधी की विचाखारा पर केन्द्रित इस पहल के तहत विश्वमर के अनेक देशों में कृ त्रिम अंग लगाने के शिविर आयोजित किये जायेंगे विदेश मंत्रालय इस पहल के लिए धर्मार्थ संगठन भगवान महावीर विकलांग सहायता समिते का भी सहयोग ले रहा है इन शिविरों में दुनियामर के दिव्यांगजनों के लिए शारीरिक आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी ताकि ये दिव्यांग फिर से चल फिर सके तथा समाज में सम्मान के साथ रह सकें इस योजना का पूरा खर्च मंत्रालय वहन करेगा शारदीय नवरात्र कल से शुरू हो रहा है प्रदेश भर के शक्तिपीठों और देवी मंदिरों पर लगने वाले नवरात्र मेलों की तैयारियों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है कल नवरात्र के पहले दिन दर्शन पूजन के लिये भारी संख्या में श्रद्वालु प्रसिद्व शक्तिपीठों और देवी मंदिरों पर पहुंचने शुरू हो गये हैं प्रसिद्ध शक्तिपीठ विन्ध्याचल के माता विन्ध्यवासिनी देवी मंदिर पर आज मक्य रात्रि से ही नवरात्र मेला शुरू हो जायेगा मेले की ँ सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किये गये हैं नौ दिनों तक चलने वाले नवरात्र मेले के दौरान वहां विविध धार्मिक अनुष्ठान किये जायेंगे बलरामपुर जिले में स्थित देवीपाटन शक्तिपीठ पर भी मेले की तैयारियां अन्तिम चरण में है इसके साथ ही दुर्गा पूजा उत्सव भी कल से शुरू हो जायेगा दुर्गा पाण्डालों की साज सज्जा को अन्तिम रूप दिया जा रहा है